प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि परस्पर सुरक्षित दूरी बनाये रखना ही कोविड उन्नीस से मुकाबले का सबसे कारगर तरीका है आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हर किसी को अपनी और अपने परिवार की रक्षा करनी होगी उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय का संकल्प और नियम का पालन इस संकट से निपटने में सहायक होगा प्रधानमंत्री ने लोगों को हो रही कठिनाइयों के लिए क्षमायाचना भी की

आपकी परेशानी भी समझता हूं लेकिन भारत जैसे एक सो तीस करोड़ की आबादी वाले देश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए ये कदम उठाये बिना कोई रास्ता नहीं था कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीवन और मृत्यू के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें जीतना है और इसीलिए ये कठोर कदम उठाने बहुत आवश्यक थे किसी का मन नहीं करता है ऐसे कदमों के लिए लेकिन द्रनिया के हालात देखने के बाद लगता है कि यही एक रास्ता बचा है आपको आपके परिवार को सुरक्षित रखना है मैं फिर एक बार आपको जो भी असुविधा हुई है कठिनाई हुई है

प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्णबंदी के दौरान नियम तोड़ने वाले अपने जीवन से खेल रहे हैं उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का नियम तोड़ेंगे तो कोरोना वायरस से बचना मुश्किल हो जायेगा

आपको अपने को बचाना है अपने परिवार को बचाना है अभी आपको आने वाले कई दिनों तक इसी तरह धैर्य दिखाना ही है लक्ष्मण रेखा का पालन करना ही है साथियो मैं ये भी जानता हूं कि कोई कानून नहीं तोड़ना चाहता लेकिन कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अब भी वो रिथति की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं ऐसे लोगों को यही कहूंगा कि लॉकडाउन का नियम तोड़ेंगे तो कोरोना वायरस से बचना मुश्किल हो जायेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभूतपूर्व और चुनौतीपूर्ण है इसलिए हमें ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं जिनके बारे में विश्व इतिहास में पहले कभी नहीं सुना गया प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें गरीबों के प्रति अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाना होगा

यानी बीमारी और उसके प्रकोप से शुरूआत में ही निपटना चाहिए बाद में रोग असाध्य हो जाते हैं तब इलाज भी मुश्किल हो जाता है और आज पूरा हिन्दुस्तान हर हिन्दुस्तानी यही कर रहा है श्री मोदी ने कहा कि ऐसे अनेक योद्वा हैं जो घरों में नहीं बल्कि घरों के बाहर रहकर कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं बाईट इस लड़ाई के अनेकों योद्वा ऐसे हैं जो घरों में नहीं घरों के बाहर रहकर कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं

खास करके हमारी नर्सेस बहनें हैं नर्सेस का काम करने वाले भाई हैं डॉक्टर हैं पैरा मेडिकल स्टाफ हैं ऐसे साथी जो कोरोना को पराजित कर चुके हैं आज हमें उनसे प्रेरणा लेनी है देश इस महामारी से चिकित्सा के स्तर पर किस प्रकार निपट रहा है इसे समझने और समझाने के लिए श्री मोदी ने कोरोना वायरस से मुकाबला कर रहे कुछेक डाक्टरों से भी बात की दिल्ली के डॉक्टर नीतेश गुप्ता ने इलाज के लिए अस्पताल को सरकार से मिल रही सहायता के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया

आपका आशीर्वाद सबके साथ है आपने दिया हुआ सारा हॉस्पिटल को जो भी आप सपोर्ट कर रहे हैं जो भी चीज हम मांग रहे हैं आप सब प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम लोग बिल्कुल जैसे आर्मी बार्डर पे खड़ी रहती है हम लोग बिल्कुल वैसे ही लगे हुए हैं और हमारा सिर्फ एक ही कर्तव्य है कि पेशेंट ठीक हो के घर जाये प्रधानमंत्री ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि कोरोना वायरस के संदिग्ध लोगों या घर में विशेष निगरानी में रखे जा रहे लोगों के प्रति कुछ लोग बुरा बर्ताव कर रहे हैं बाईट मुझे कुछ ऐसी घटनाओं का पता चला है जिनमें कोरोना वायरस के संदिग्ध ऐसे जिन्हें होम क्वारेंटाइन में रहने को कहा गया है उनके साथ कुछ लोग बुरा वर्ताव कर रहे हैं ऐसी बातें सुनकर मुझे अत्यंत पीड़ा हुई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमें ये समझना होगा कि मौजूदा हालात में अभी एक दूसरे से सिर्फ सोशल डिस्टेंस बनाकर रखना है न कि इमोशनल या ह्यूमन डिस्टेंस ऐसे लोग कोई अपराधी नहीं हैं बल्कि वायरस के संभवित पीडितमर हैं इन लोगों ने दूसरों को संक्रमण से बचाने के लिए खुद को अलग किया है और क्वारेंटाइन में रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे कारगर तरीका परस्पर सुरक्षित दूरी बनाये रखना ही है लेकिन हमें यह समझना होगा कि सुरक्षित दूरी का मतलब सामाजिक संपर्क खत्म करना नहीं है

लेकिन आने वाले समय में यही हिन्दुस्तानी अपने देश के विकास के लिए सारी दीवारों को तोड़कर आगे निकलेगा देश को आगे ले जायेगा आप अपने परिवार के साथ घर पर रहिए सुरक्षित और सावधान रहिए हमें ये जंग जीतना है जरूर जीतेंगे केन्द्र सरकार ने कोविड उन्नीस से निपटने में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत घोषित बीमा योजना को मंजूरी दे दी है योजना के तहत लगभग बाईस लाख बारह हजार जन स्वास्थ्य कर्मियों को नब्बे दिनों के लिए पचास लाख रूपये की बीमा सुरक्षा दी जाएगी प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस का एक और नया मामला सामने आने से राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या ग्यारह हो गई है ताजा मामला पटना के एक निजी अस्पताल की एक महिला का है जो मुंगेर के उस युवक के सम्पर्क में आने से संक्रमित हुई है जिसकी पिछले रविवार को मौत हो गई थी महिला को एनएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है इधर पटना में कोरोना वायरस से संक्रमित दो मरीजों की रिपोर्ट आरएमआरआई में टेस्ट के बाद निगेटिव आई है इन दोनों मरीजों में एक मरीज स्कॉटलैंड से आया था जबकि दूसरा व्यक्ति गुजरात के भावनगर से पटना पहुंचा था डॉक्टरों का कहना है कि इन दोनों मरीजों की चौबीस घंटे बाद पुनः जांच की जायेगी अगर दोबारा जांच में भी दोनों निगेटिव आते हैं तो इन्हें कोरोना वायरस से पूरी तरह स्वस्थ्य घोषित किया जायेगा वहीं केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर नौ सौ उनासी हो गयी है वहीं इस महामारी से पच्चीस लोगों की मृत्यु हो गयी है केंद्र ने बड़ी संख्या में अपने गृह राज्यों को लौट रहे प्रवासी मजदूरों की आवाजाही रोकने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कदम उठाने को कहा है मंत्रालय ने अपने ताजा निर्देशों में संबंधित राज्यों से कहा है कि अपने घरों को लौट रहे प्रवासी लोगों को नजदीकी आश्रय गृहों में ठहराने की व्यवस्था की जाए इन लोगों को उचित जांच के बाद कम से कम चौदह दिनों के लिए अलग थलग रखा जाए मंत्रालय ने उद्योगों दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों सहित नियोक्ताओं से अपने कामगारों को निर्धारित तिथि पर मजदूरी का भूगतान करने को कहा है मकान मालिकों को भी ऐसे कामगारों से एक महीने का किराया नहीं लेने को कहा गया है मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि मजदूरों और विद्यार्थियों को मकान खाली करने पर बाध्य करने वाले मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश झारखंड और पश्चिम बंगाल से आने वाले प्रवासी कामगारों के लिये सीमावर्ती क्षेत्रों में निःशुल्क रहने खाने की व्यवस्था की है राज्य के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में तीन से पांच हजार लोगों के लिए अस्थाई कैम्प बनाया गया है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान गरीबों और मजद्रों को खाने पीने की कोई परेशानी ना हो इसके लिए राज्य सरकार हर संभव मदद कर रही है दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राजनंदन प्रसाद ने बताया है कि विदेशों से आये सत्रह लोगों को अस्पताल के आईसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है उन्होंने बताया कि इन सभी के सैम्पल को जांच के लिए पटना भेजा गया है मुंगेर के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रूरषोत्तम कुमार ने बताया है कि अस्सी संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट अगले छत्तीस घंटों में पटना से प्राप्त हो जायेगी कटिहार जिले के पांच प्रखंडों में इक्कीस राहत केंद्र बनाए गए हैं जहां बाहर से आने वाले मजदूरों और गरीबों के रहने की व्यवस्था की गई है वैशाली जिले के डाक बंगला रोड अनजानपीर चौक और मेदनीमल मोहल्ला सहित अन्य क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन की टीम ने राहत पैकेट का वितरण किया भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद गोपाल नारायण सिंह ने सांसद निधि से एक करोड़ रुपए रोहतास जिले के लिए और एक माह का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की है पटना जंक्शन पर आरपीएफ की टीम ने आज सैकड़ों गरीब और भूखे लोगों को खाना खिलाया आरपीएफ के सीनियर कमांडेंट एसकेएस राठौड़ ने कहा कि रेलवे बोर्ड की ओर से यह अभियान लगातार जारी रहेगा राज्य में चैती छठ का त्यौहार श्रद्धा और विश्वास के वातावरण में मनाया जा रहा हैं लॉकडाउन के कारण व्रती अपने अपने घरों में ही छठ का अनुष्ठान कर रहे हैं सीबीएसई ने लॉक डाउन के कारण देश भर के स्कूलों को अप्रैल महीने में ट्रांसपोर्टेशन और डेवलपमेंट चार्ज नहीं लेने को कहा है स्कूल शीघ्र ही अभिभावकों को इससे संबंधित सूचना प्रेषित करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कहा है कि तीन सप्ताह की पूर्णबंदी के बाद भी देश में रसोई गैस की कोई किल्लत नहीं है इसलिए लोग जरूरत से ज्यादा बुकिंग ना करें